प्रदेश में यूरिया खाद की उपलब्धता के लिये आवश्यक प्रयास जारी केन्द्र ने कहा मौजूद है पर्याप्त भण्डार

माना जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्यों का फैसला हो जाएगा मंत्रियों के नामों पर एक राय बनाने के लिये कई विधायक भी दिल्ली में मौजूद है इधर इस मुद्दे पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे के साथ कल देर रात राज्य के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की वार्ता हुई जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पर्यवेक्षक के सी वेणुगोपाल मौजूद रहे

रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने नई दिल्ली में कहा कि उनका मंत्रालय राज्य के मुख्य सचिवों से प्रतिदिन सम्पर्क में है और कहीं भी खाद की कोई कमी नहीं है देशभर में यूरिया और उर्वरक की पर्याप्त उपलब्यता है श्री गौडा ने कहा कि केन्द्र ने राज्यों को उनकी आवश्यकता से अधिक आपूर्ति की है

उन्होंने कहा कि यह संकट राज्यों की वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ है और यह केन्द्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश है इस बीच प्रदेश में यूरिया संकट को दूर करने के लिये सरकार लगातार प्रयास कर रही है

कई वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम होने की उम्मीद है

निर्यातकों के लिए रिफंड संबंधी नियम आसान बनाने के लिए बैठक में केन्द्र और राज्यों की राजस्व स्थिति पर भी चर्चा की आशा है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉक्टर समित शर्मा ने विडियो कांफेसिंग के जरिये जिला अधिकारियों को निर्देश देते हए बताया कि योजना के तहत मरीजों की स्वास्थ्य जांचों को भी पुरी गृणवत्ता के साथ उपलब्ध कराया जायेगा

बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि प्रवेशिका व्यवसायिक और मूक बधिर विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी इसके साथ ही चलेगी

कार्यक्रम में अव्वल रहे विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किये जायेंगे

उदयपुर के शिल्पग्राम में आयोजित समारोह में उन्हें ये प्रस्कार प्रदान किया गया पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र देश के सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों में पहला ऐसा केन्द्र है जिसने लोककला के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेन्ट पुरस्कार पिछले साल से शुरू किये है अहमदाबाद के जोरावर सिंह दानुभाई को भी यह अवार्ड संयुक्त रूप से दिया गया है

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

कई स्थानों पर कोहरा छाये रहने के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है हालांकि कल के मुकाबले आज न्यूनतम तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी हई है लेकिन सर्दी के तीखे तेवर बरकरार बने हुए है

माउंटआबू में भी आज न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सैल्सियस पर पहुंच गया

हमारेचूरू संवाददाता ने बताया कि वहां पड रही तेज ठण्ड की वजह से जनजीवन पर व्यापक असर पड रहा है

अभ्यारण के ताल वृक्ष रेंज में एक नाले में वन कर्मियों को ये शावक नजर आये सुचना मिलने पर वन अधिकारियों ने क्षेत्र में अतिरिक्त वन कर्मियों का दस्ता तैनात किया है और बोंघिन की लोकेशन ट्रेस करने के लिये कैमरे लगाये है गौरतलब है कि सरिस्का में पिछले दो महीनों के दौरान तीन बाघो की मौत हो चुकी है ऐसे में इस खबर से पर्यावरण प्रेमियों के साथ अलवर के पर्यटन व्यवसाइयों में भी खूशी की लहर देखी जा रही है इधर रणथंमौर राष्ट्रीय उद्यान में कालाबाजारी रोकने और पर्यटकों की सुविधा के लिये टिकटों की बिक्री शत प्रतिशत ऑनलाइन कर दी गई है